प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने इस मौके पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को सम्बोधित किया

उन्होंने कहा कि कोरोना से देश को बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल री स्किल और अप स्किल का अभियान गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के जीवन स्तर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का संचार करेगा जो कि आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है

उन्होंने अपने संबोधन में उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र में रहने का अवसर प्रदान किया

स्वतंत्रता दिवस इधर प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुल्लू में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होंगे इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं सम्मान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल के कुछ पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिल्ली में आज सम्मानित किया जाएगा इनमें पुनीता भारद्वाज को राष्ट्रीय पुलिस पदक डीआईजी संतोष पटियाल डीआईजी सुनील क्मार और सब इंस्पेक्टर सीआईडी ऊमा दत्त को विशिष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल कुल्लू के देवसदन में भाजपा कार्यकताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि वे देश की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा हैं उन्होंने कहा कि इसका श्रेय समर्पण भाव से कठिन परिश्रम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है एसएमसी शिक्षक बाहर हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द की नियुक्तियां आर एंड पी नियमों की अवहेलना का था आरोप पंजाब केसरी के शब्द हैं हाईकोर्ट ने एसएमसी की नियुक्तियां की रद्द पीटीए शिक्षकों का नियमितीकरण याचिका के अंतिम फैसले पर रहेगा निर्भर हिमाचल दस्तक के अनुसार हाईकोर्ट ने एसएमसी भर्तियां रद्द कीं सरकार को आदेश खाली पद भी जल्द भरे जाएं

पंजाब केसरी की एक खबर है महिला आईपीएस पुनीता भारद्वाज को राष्ट्रपति और तीन अधिकारियों को पुलिस पदक दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल पुलिस को राष्ट्रपति मेडल समेत चार पदक हाईवे पर दो वाहनों पर गिरीं चट्टानें दो की मौत शीर्षक से अमर उजाला लिखता है मंडी मनाली एनएच पर हणोगी माता मंदिर के पास हादसा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

नमस्कार